श्री मोदी अहमदाबाद में दवा कंपनियों जायडस बायोटेक पार्क और भारत बायोटेक तथा पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ अंडिया का दौरा करेंगे हैदराबाद में वे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड में कोविड वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे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

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिये हमारी नन्ही श्रोता का संदेश

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य मेडिकल स्थानीय प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड संबंधी दिशा निर्देशों की कडाई से पालना के साथ द्वितीय चरण के चुनाव सम्पन्न करवाए गए हैं

उन्होंने मतदाताओं से तृतीय और चतुर्थ चरण में भी अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है

इससे राजस्थान समय से पहले ही अक्षय उर्जा उत्पादन का लेक्ष्य हासिल कर लेगा

इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पानाचंद जैन ने कहा है कि संविधान की उद्देशीका और संविधान के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता जरूरी है उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण सामाजिक समानता और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना होगा पत्र सुचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में नागरिकों को अपने संवैधानिक कर्तव्यों को और गंभीरता से निभाने की जरूरत है